सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

मध्य प्रदेश की दमोह सीट से राहुल सिंह बनाये गये उम्मीद्वार

इन फर्जीवाडों में तीन हजार सात सौ करोड रुपये की घांधली की गई शिकायतकर्ता बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक इंडियन ओवरसीज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बडौदा भारतीय स्टेट बैंक आईडीबीआई केनरा बैंक इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं जिन शहरों और कस्बों में छापे मारे गए उनमें भोपाल कानपुर दिल्ली गाजियाबाद मथुरा नोएडा गुरूग्राम चेन्नई थिरूवारूर वेल्लोंर तिरूपुर बैंगलुरू गुंदूर हैदराबाद बेल्लांरी शामिल हैं इसके अलावा वडोदरा कोलकाता पश्चिम गोदावरी सूरत मुम्बई निमादी तिरूपति विशाखापट्टनम अहमदाबाद राजकोट करनाल जयपुर और श्रीगंगानगर में मी छापे मारे गए इस दौरान सबूत के रूप में कई गोपनीय दस्तावेज डिजिटल दस्तावेज और अन्य सामग्री बरामद की गई सीबीआई को कई बैंकों से शिकायतकर्ताओं के आवेदन मिले थे जिनमें धोखाधडी धनगबन कोष के इधर उधर भेजने और कई कम्पनियों की ओर से फर्जीवाडे शामिल हैं जिससे सरकारी बैंकों को काफी नुकसान हुआ सीबीआई ने जांच के बाद मामला दर्ज किया व्यापक जांच के लिए अपराधियों को नामजद किया गया

भाजपा उपचुनाव सूची भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है पार्टी ने मध्य प्रदेश के दामोह से राहुल सिंह कर्नाटक के बेलगाम लोकसभा उपचुनाव के लिए मंगल सुरेश अघाडी को मैदान में उतारा है और आंध प्रदेश की तिरूपति लोकसभा सीट से के रत्न प्रभा पार्टी की उम्मीदवार हैं झारखंड की मधुपुरा विधानसभा सीट से गंगा नारायण सिंह ओडिशा की पिपीली क्षेत्र से असुत पटनायक और राजस्थान के राजसमंद सीट से दीप्ती माहेश्वरी भाजपा की उम्मीदवार बनाई गई हैं

वे आज बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर समारोह में शामिल होंगे यह समारोह बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि और विकास के प्रयासों में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी तुंगीपारा में बंगबंध् के समाधि स्थल जाकर श्रद्वासुमन भी अर्पित करेंगे

कि केट भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एकदिवसीय मैच आज पुणे में खेला जाएगा तीन मैचों की श्रृंखला में भारत पहला मैच जीतकर एक श्रन्य से आगे है

लॉकडाउन राज्य सरकार ने होली शब ए बारात ईस्टर ईद उल फितर जैसे त्योहारों के मद्देनजर निर्देश जारी किये हैं सरकार ने होली समारोह में लोगों के इकट्डे होने प्रतिबंध लगा दिया है तथा भोपाल इंदौर और जबलपुर के साथ चार और शहरों बैतूल रतलाम खरगोन और छिंदवाड़ा में रविवार का लॉकडाउन बढा दिया है इंदौर में सभी धर्मस्थलों को श्रद्वालुओं के लिये बंद कर दिया गया है

होलिका दहन भी नहीं होगा साथ ही अगले दिन रंगों की होली पर भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे

राजधानी में गुरूवार को स्वीभिंग पूल सिनेमाघर बंद रहे वहीं रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की व्यवस्था भी बंद रही

बैडमिंटन भारतीय बैडमिंटन खिलाडी किदांबी श्रीकांत सायना नेहवाल और इरा शर्मा ऑलियंस मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं यह प्रतियोगिता पेरिस में हुई

इसी तरह सातवीं वरियता प्राप्त

नमस्कार